गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस परामर्श में कहा गया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध में दण्ड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए परामर्श के अन्सार कानून में पुलिस थाने के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए किसी अपराध के सिलसिले में जीरो एफआईआर दायर करने का भी अधिकार दिया गया है महिलाओं से यौन द्वष्कर्म सहित किसी भी संजेय अपराध के होने की सूचना मिलने पर प्लिस के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक है मंत्रालय ने कहा है कि कानून के प्रावधानों को कड़ा करने और क्षमता बढाने के उपायों के बाद भी प्लिस द्वारा अनिवार्य नियमों का पालन न किया जाना देश की आपराधिक न्याय प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है परामर्श में कहा गया है कि नियमों के पालन में कोई चूक नजर आने पर इसकी जांच की जानी चाहिए और इसके लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार लोअर स्बनसिरी जिले के जीरो के रहने वाले बहत्तर वर्षीय व्यक्ति का इलाज ईटानगर के कोविड अस्पताल चिंपू में चल रहा था और वे डायबिटिज हाईपर टेंशन और क्रोनिक किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे राज्य में कोविड के दो सौ उन्यासी नए मामले दर्ज किए गए और एक सौ अट्ठानबे रोगी स्वस्थ हुए प्रदेश में कोरोना से संक्रिय मामलो की संख्या दो हजार आठ सौ अद्वावन है और आठ हजार आठ सौ पचहत्तर व्यक्ति स्वस्थ हो च्के है कल आए नए मामलों में सब से अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से एक सौ तीन चांगलांग से ईकतालीस वेस्ट सियांग से चौतीस लोहित से उन्नीस अपर स्बनसिरी से ग्यारह ईस्ट सियांग से सात पाक्के केसांग और तवांग से छह छह लोवर दिबांग वैली पाप्म पारे अपर सियांग और लोअर स्बनसिरी जिले के चार चार मामले शामिल है जबकि नामसाई दिबांग वैली सियांग लोंगडिंग और ईस्ट कामेंग जिले से तीन तीन क्रुंग क्मे से दो लोअर सियांग और क्रा दादी जिले से कोविड का एक एक नया मामला सामने आया है

इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने उपचाराधीन मरीजों के लाभ के लिए ग्वाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकों का उद्घाटन किया

श्री क्शवाहा ने लोगो से अनिवार्य रुप से मास्क लगाने नियमित अंतराल पर हाथों को सेनेटाइज करने और स्रक्षित दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की है